अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी मुददों पर जवाब देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को नकारात्मक राजनीति का चेहरा बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने करीब डेढ घंटे तक विपक्ष के आरोपो का जवाब दिया उन्होंने कहा कि वे देश की सवा सौ करोड जनता के सुख दुख के भागीदार है लेकिन ठेकेदार और सौदागर नहीं है श्री मोदी ने डोकलाम का जिक करते हुए कहा कि गंभीर और सामरिक विषयो पर विषय की जानकारी न होने पर बोलने से बचना चाहिये राफेल सौदे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और इस मसले पर भारत और फांस दोनो सरकारों को बयान देना पड़ा प्रधानमंत्री ने पेंट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर कहा कि यह कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार का ही निर्णय था

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बडे उद्योगपतियों का भागीदार करार दिया श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं किसानों और दलितों को नजरअंदाज कर कारोबारी मित्रों को फायदा पहंचाया

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाकर सदन को गुमराह किया है उन्होंने श्री गांधी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया श्री अनंत कुमार ने राफेल सौदे के बारे में श्री गांधी के आरोपों को खारिज किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आमतौर पर बोर्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षा में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर होता है लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इनकी संख्या बहत कम है

समारोह में दो हजार छह सौ से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई

श्री शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिये जयपुर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे इसके बाद वे प्रदेश के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे श्री शाह शाम को भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स मीट में भी हिस्सा लेंगे और देर शाम भाजपा कोर ग्रुप तथा चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

वहीं पक्का बाग के पास दो मंजिला मकान के ढह जाने से एक व्यक्ति की मलबे में दबने से मृत्यु हो गई

मृतक सगे भाई थे जो सूरतगढ़ से जयपुर कार में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे